मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ी संख्या में कोविड नाइन्टीन के लक्षणरहित मरीज बीमारी को छपा रहे हैं जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है होम आइसोलेशन के दौरान मरीज और उसके परिवार को सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड नाइन्टीन से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए उन्हॉने मास्क लगाने और दो गर्ज की दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आरोग्य सेत ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घर घर जाकर मेडिकल जांच की जाए और संदिग्ध मरीजों का रैपिड एन्टीजन टेस्ट किया जाए कोविड नाइन्टीन से होने वाली मृत्यू की दर को न्यूनतम रखने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रमावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर नगर गोरखपुर वाराणसी बस्ती प्रयागराज बलिया बरेली झांसी और मुरादाबाद में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हए कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हए कोविड संबंधी समी सेवाओं और गतिविधियों को समेकित कमान और नियंत्रण केन्द्र से जोड़ने को कहा है मुख्यमंत्री ने राजधानी में बढ़ते कोविड मामलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए कल एक विशेष बैठक की उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के निदेशकों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मरीजों के संपर्कों का अनिवार्य रूप से पता लगाने के भी निर्देश दिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए गोरखपुर जिला प्रशासन ने शहर के शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में कल से सत्ताईस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने कल इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर कहा कि इन दोनों थाना क्षेत्रों में हॉटस्पॉट के बाहर सरकारी कार्यालय बैंक डाकघर खुले रहेंगे लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहेगी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय परिचय पत्र के साथ कार्यालय आने जाने की अनुमति होगी देश में अब तक सात लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढकर बासठ दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बाईस हजार छः सौ चौसठ लोग ठीक हए देश में इस समय संक्रमण के तीन लाख नब्बे हजार चार सौ उन्सठ सक्रिय मामले हैं कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में तैयार कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किये जाने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है एम्स के डॉक्टर संजय राय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है डॉक्टर राय ने कहा कि पहले दिन ही पंजीकरण के प्रति उत्साह आश्चर्यजनक रहा

एण्ड इन रजिस्ट्रेशन हमने नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा

एम्स में परीक्षण के पहले चरण में एक सौ स्वस्थ व्यक्तियों को कोवैक्सीन की खुराक दी जायेगी यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है

उन्होंने बताया कि मनुष्यों पर परीक्षण का दूसरा चरण एक महीने बाद शुरू होगा

उत्तराखण्ड में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से अस्थि प्रवाहित करने के लिए वहां जाने वालों पर दो दिन के लिए रोक लगा दी है पूरे जिले में कल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी यदि कोई अवैच ढंग से जिले में प्रवेश करेगा तो उसे दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इस अवधि में होने वाले खर्च का भूगतान उसे ही करना होगा जिले से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा सील कर दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वे सोमवती अमावस्या पर अपने घर में ही रहें प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज भी दिन भर बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी वाराणसी चंदौली जौनपुर आजमगढ़ सिद्दार्थनगर और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन में वर्षा होने के समाचार हैं वहीं कुशीनगर में बीती आधी रात को तेज वर्षा होने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संमावना जतायी है वहीं विमाग ने एक अन्य चेतावनी में अगले पांच दिनों के दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार